मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केन्द्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की शिमला में की समीक्षा

प्रधानमंत्री राज्यपाल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि केन्द्र सरकार किसानों की आय दोगुना करने के प्रति गंभीर है और इस दिशा में हर स्तर पर कार्य किया जा रहा है प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में शून्य लागत प्राकृतिक कृषि के उत्साहवर्धक परिणामों को लेकर उनसे भेंट करने आए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देवव्रत से बातचीत कर रहे थे प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि प्राकृतिक कृषि किसानों की आय दोगुना करने में कारगर सिद्ध होगी उन्होंने इस पद्वति को अधिक विस्तार देने प्रचारित करने और इससे देशमर के किसानों को जोड़ने पर बल दिया प्रधानमंत्री ने हिमाचल में स्वच्छता अभियान को गति देने और विशेषकर शिमला कालका रेलवे लाईन पर चलाए गए स्वच्छता अभियान की भी सराहना की प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि रेलवे लाईन के साथ फूलों और पौधों की नर्सरी लगाई जानी चाहिए ताकि सुंदरता के साथ साथ पौधों की बिकी से रेलवे को आय भी हो सके राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने इस मौके पर शून्य लागत प्राकृतिक कृषि के उत्साहवर्धक परिणामों को लेकर कृषि विश्वविद्यालय हिसार और अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम के वैज्ञानिकों द्वारा गुरूकुल कुरूक्षेत्र के कृषि फार्म से लिए गए नमूनों पर आधारित रिपोर्ट की प्रधानमंत्री को जानकारी दी

कृषि वैज्ञानिकों की ताज़ा रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब राज्यपाल आचार्य देवव्रत हिमाचल सहित पूरे उत्तर भारत में प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए अभियान चलाए हुए हैं मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केन्द्र और प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की आज शिमला में एक बैठक में समीक्षा की इनमें उज्जवला योजना आयुष्मान भारत योजना सौभाग्य योजना और ग्रामीण व शहरी आवासीय योजनाएं शामिल हैं

संजीव सुंद्रियाल आकाशवाणी समाचार शिमला

वीरेन्द्र कंवर आज बंगाणा में जनसमस्याएं सुनने के मौके पर बोल रहे थे

अस्थि कलश पूर्व प्रधानमंत्री व भारत रतन अटल बिहारी वाजपेयी का अस्थि कलश लेकर वनमंत्री गोविंद सिंह ठाकुर आज कुल्लू पहुंचे इस दौरान भूंतर बजौरा और कुल्लू में बड़ी संख्या में लोगों ने अपने प्रिय नेता को पुष्प चढ़ाकर श्रद्धाजंलि दी स्वर्गीय वाजपेयी का अस्थि कलश आज रात मनाली स्थित अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण व खेल संस्थान में रखा जाएगा स्वर्गीय अटल की अस्थियों को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कल मनाली के निकट व्यास नदी में विसर्जित करेंगे

सैहजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैहजल ने कहा है कि प्रदेश सरकार युवा पीढ़ी को व्यावसायिक रूप से दक्ष बनाने के लिए अनेक योजनाएं लागू कर रही है कसौली विधानसभा क्षेत्र के जगजीत नगर पंचायत में नवनिर्मित स्कूल भवन के लोकार्पण के मौके पर एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि औद्योगिकरण के दृष्टिगत व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की मांग लगातार बढ़ रही है सैहजल ने छात्रों का आहवान किया कि वे शिक्षा के साथ साथ पारंपरिक खेती बाड़ी को भी सीखें सुरेश भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि युवाओं को संस्कार और नैतिक मूल्य युक्त शिक्षा दिया जाना आवश्यक है ताकि हमारी युवा पीढ़ी भविष्य का बेहतर नागरिक बनकर भारत को विश्व गुरू बना सके

शिक्षा मंत्री ने कहा कि सर्वागीण विकास ही शिक्षा का वास्तिवक उद्देश्य है उन्होंने कहा कि नैतिक और संस्कारित शिक्षा प्रदान करने के लिए सर्वप्रथम अभिमावकों को इस ओर ध्यान देना होगा शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्कूली पाठ्यकमों में नशे के विरूद्व भी विषय शामिल किए जाएंगे सरवीण चौघरी शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा है कि प्रदेश सरकार ठोस कचरे के प्रबंधन के लिए प्रयासरत है इसके लिए प्रदेश में समूह आधार पर ठोस कचरा प्रबंधन सयंत्र स्थापित करने के प्रयास किए जा रहें है सरवीण चौधरी आज सोलन जिला के बद्दी में आयोजित एक कार्यशाला में बोल रही थीं उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में विभिन्न स्त्रोतों से निकलने वाले ठोस कचरे का प्रबंधन शहरी निकायों के लिए बड़ी चुनौती बन कर उभरा है अनुराग ठाकुर सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि राष्ट्र निर्माण और प्रदेश के विकास में कामगारों का महत्वपूर्ण योगदान है और सरकार इनके कल्याण के प्रति वचनबद्ध है अनुराग ठाकुर आज ऊना जिले के हरोली विधानसभा क्षेत्र के पालकवाह में प्रदेश भवन व अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की ओर से कामगारों को वाशिंग मशीनें इंडक्शन चूल्हे सोलर लैम्प और साइकिलें वितरित करने के बाद एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे

इसे लेकर बाज़ार रंग बिरंगी राखियों और मिठाईयों से सजे हैं बड़ी संख्या में महिलाएं इनकी खरीददारी में जुटी हैं उनका कहना है कि वे इस त्यौहार को लेकर काफी उत्साहित हैं और सालभर इसका इंतज़ार करती हैं

इस त्यौहार पर दुकानदारों की आमदनी भी बढ़ जाती है राखी विकताओं का कहना है कि अब बाज़ार में विभिन्न प्रकार की राखियां उपलब्ध होने महिलाओं को खरीददारी में आसानी होती है

इस उपलक्ष्य पर राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है आचार्य देवव्रत ने उम्मीद जताई कि रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के पवित्र बंधन को मज़बूत करेगा और समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि रक्षाबंधन का पर्व परिवार व समाज में आपसी भाईचारे को सुदृढ़ करता है मनीष ठाकुर प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष मनीष ठाकुर ने युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर बीते रोज़ विधानसभा परिसर के बाहर पुलिस के कथित लाठीचार्ज को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है मनीष ठाकुर ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में इस घटना की न्यायिक जांच कराने की मांग की शिमला ग्रामीण से विधायक विक्रमादित्य सिंह ने भी युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस के कथित बल प्रयोग की निंदा की है विक्रमादित्य सिंह ने आज शिमला में एक बयान में कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं की आवाज को दबा नहीं सकती उन्होंने आरोप लगाया कि युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस की कार्रवाई पूरी तरह से उकसाने वाली थी उन्होंने इस घटना की न्यायायिक जांच की मांग करते हुए दोषी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है

आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण किया जायेगा